राजगढ के पीपलिया कुलमी के लोगों से भी की बातचीत मुख्यमंत्री ने कहा पूरे देश में स्वच्छता का चैम्पियन बनेगा मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश महिला अकादमी को हरा कर रेलवे ने जीती राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी प्रतियोगिता स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को स्वभाव में परिवर्तन का यज्ञ बताते हुए कहा कि देशवासियों के आंदोलन के कारण ही पिछले चार साल में देश के लगभग चालीस प्रतिशत से अधिक क्षेत्र खूले में शौच की समस्या से मुक्त हो गये है जबकि पिछले पैसठ साल में केवल चालीस प्रतिशत क्षेत्र ही मुक्त हो पाये थे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियों कॉफेसिंग के जरिये स्वच्छता ही सेवा है पखवाडे का उद्घाटन के दौरान देश के विभिन्न अंचलों के सैकडों स्वच्छता ग्राहियों से भी बात की

इस मौके पर सभी स्कूलों और पंचायतों में स्वच्छता दिवस मनाया गया और लोगों को रेडियोटीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री का उदबोधन सुनाया गया इंदौर में आयोजित स्वच्छता पखवाडे के पहले दिन आज एक जागरूकता रैली निकाली गयी मंदसौर और इंदौर में फील्ड आउटरीच ब्यूरों ने कार्यकमों का आयोजन कर लोगों को प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया इसी तरह के कार्यकम छतरपुरग्वालियरनागदाटीकमगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आयोजित किये जा रहे है सीएम स्वच्छता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल की रामानंद कालोनी में सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरूआत की स्वच्छता अभियान का समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर को होगा इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पूरे देश में स्वच्छता का चैम्पियन बनेगा उन्होंने कहा कि बिना जन सहयोग के यह लक्ष्य हासिल नही किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के तहत प्रत्येक दिन वे अपने दिन की शुरूआत स्वच्छताकार्य में सहभागिता के द्वारा करेंगे श्री चौहान ने अभियान को सफल बनाने के लिये सरकार के साथ ही प्रदेश की जनता को भी बधाई दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को अपने मोहल्ले के अलावा कार्य स्थल स्कूल अस्पताल और सड़क की सफाई के लिये सौ घंटे निकालने के लिये शपथ दिलाई वहीं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी दो अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिये शासकीय कर्मचारियोंशिक्षकों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेशवासियों से सकिय भागीदारी निभाने की अपील की है राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है उन्होंने स्कूलोंमहाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आज से दो अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान के तहत बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने लिये निबंध पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिये है पासपोर्ट सागर में आज पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र का उद्घाटन हुआ

इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन और गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिये भोपाल या जबलपुर तक का सफर नही करना पड़ेगा श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर को पुर्नजीवित करने का काम किया है जो पांच वर्ष पूर्व बंद होने के कगार पर आ गये थे कार्यकम में सांसद लक्ष्मीनारायण यादव भी मौजूद थे

इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने कहा कि निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज के खर्चे को भी चुनाव खर्च में जोडा जायेगा साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों और प्रत्यार्शियों द्वारा जारी किये गये और बेनाम जारी किये गये विज्ञापनों तथा समाचारों को संज्ञान में लिया जायेगा और उचित कार्रवाई की जायेगी श्री राव ने एमसीएमसी और मीडिया सेल को सभी घटनाओं पर निगाह रखने के निर्देश दिये है मंहगाई कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मंहगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया इस दौरान कार्यकर्ताओ ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का भी प्रयास किया इस मौके पर श्री कमलनाथ ने मंहगाई के मुददे पर केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की हॉकी राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी कप प्रतियोगिता का खिताब भारतीय रेलवे ने जीत लिया है उसने आज खेले गये फायनल मुकाबले में मध्यप्रदेश महिला हॉकी अकादमी को एक शून्य से हरा दिया

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे आना चाहिये तभी देश का संपूर्ण विकास संभव है इस अवसर पर राज्य की खेलमंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थी